मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी पेयजल योजनाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए

सरकार कृषि कानून केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार देश में गांव गरीब और किसान के विकास के लिए प्रतिबद्ध है राज्यसभा में कल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए श्री तोमर ने कहा कि किसान यूनियनों के साथ कई बार की वार्ता के बावजूद किसी भी यूनियन ने ऐसा कोई प्रावधान नहीं बताया जो उन्हें विवादास्पद लगता है कृषिमंत्री ने कहा कि कृषि कानून किसानों को एपीएमसी मंडियों के बाहर भी अपनी उपज बेचने की अनुमति देते हैं कृषि कानूनों में अनुबंध कृषि के बारे में विपक्षी सदस्यों के कई प्रश्नोष के जवाब में कृषिमंत्री ने जोर देकर कहा कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए नए कानूनों के प्रावधान किसानों को अनुबंध से बाहर जाने की अनुमति देते हैं उन्होंने कहा कि सरकार अभी भी कृषि कानूनों पर उपजे मतमेदों के हल को लेकर किसानों के साथ चर्चा के लिए उपलब्ध है प्रधानमंत्री हीरक जयंती प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज गुजरात उच्च न्यायालय की हीरक जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे श्री मोदी उच्च न्यायालय की स्थापना के साठ वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी करेंगे केन्द्रीय विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश गुजरात मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे

पहला देश बन गया है पटेल आसियान भारत पर्यटन केन्द्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कल कंबोडिया के पर्यटन मंत्री डॉक्टर थॉन्गं खोन के साथ आसियान भारत पर्यटन मंत्रियों की आठवीं बैठक की वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सह अध्यक्षता की दोनों मंत्रियों ने पर्यटन क्षेत्र पर महामारी के बुरे प्रभाव से निपटने के लिए मिलकर सहयोग करने की आवश्यकता पर जोर दिया बैठक में सभी देशों के मंत्रियों ने वैश्विक महामारी कोविड के दौरान इस क्षेत्र में लोगों की मौत और आजीविका को हुए नुकसान पर दुख व्यक्त किया श्री पटेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने न केवल कोविड महामारी से निपटने के लिए प्रयास किये बल्कि कई देशों को दवाईयां और चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति कर मदद भी की श्री पटेल ने कोविड महामारी के बाद पर्यटन क्षेत्र की गतिविधियों को फिर से पटरी पर लाने के लिए किये जा रहे प्रयासों की जानकारी दी बैठक के बाद संयुक्त वक्तव्य में मंत्रियों ने आसियान देशों और भारत के बीच समझौते के अंतर्गत पर्यटन क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की

और प्रदेश का कोई भी नगर बिना सीवरेज सिस्टम के न रहे श्री चौहान ने कल भोपाल में नगरीय प्रशासन विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि प्रदेश के हर नगर में नल से पर्याप्त स्वच्छ पेयजल पहुँचाया जाएगा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि जो योजनाएँ पूर्ण हो गई हैं उनका भौतिक सत्यापन कराया जाए

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजा भोज विमानतल पर एक निजी एयरलाइन्स कंपनी की इस उड़ान सेवा का शुभारम्भ किया उन्होंने कहा है कि प्रदेश में बढ़ रही हवाई सेवाओं से पर्यटन सेक्टर में वृद्धि होगी और आत्म निर्भर मध्यप्रदेश के मार्ग पर हम अधिक प्रभावी तरीके से चल सकेंगे एयरलाइन्स कंपनी के कैप्टन संजय मंडालिया ने जानकारी दी कि भोपाल से अहमदाबाद के लिए प्रति सोमवार बुधवार और शुक्रवार को हवाई सेवा उपलब्ध होगी कम्पनी की भोपाल जबलपुर छिंदवाड़ा सतना और मध्यप्रदेश के अन्य जिलों से भी उड़ानें आरंभ करने की योजना है इसके अलावा उड़ानों से छत्तीसगढ़ के रायपुर और बिलासपुर नगर को जोड़ने का भी विचार है छात्र बीमा योजना प्रदेश में देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना लागू की जाएगी इस योजना को जल्द ही अंतिम रूप दिया जा रहा है प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कल भोपाल में पत्रकारों को यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि इस बीमा योजना के तहत प्रदेश के चिकित्सा दंत चिकित्सा नर्सिंग महाविद्यालयों और पैरामेडिकल संस्थानों में पढ़ रहे छात्रों को स्वास्थ्य बीमा एवं व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा का कवच दिया जायेगा इस बीमा योजना के लिये वार्षिक प्रीमियम की राशि को संबंधित महाविद्यालय द्वारा वहन किया जायेगा

जन आंदोलन रेडकास सोसायटी रतलाम के पूर्व चेयरमैन महेन्द्र गादिया ने लोगों से कोविड वैक्सीन लगवाने की अपील की है साथ ही मास्क और दो गज की दूरी का पालन करने को भी कहा है

ई मंडी राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना के तहत प्रदेश की सभी कृषि मण्डियों को ई नाम में शामिल किये जाने के लिये प्रस्ताव तैयार किया जाएगा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की प्रबंध संचालक प्रियंका दास ने कल भोपाल में आयोजित समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिये

शेष मण्डियों में भी शीघ्र ही योजना का क्रियान्वयन किया जा सकेगा

मुख्यमंत्री श्री चौहान आज कटनी में विभिन्न कार्यकमों में हिस्सा लेंगे